देश में लोकसभा च्नाव के दूसरे चरण के लिये आज मतदान हो रहा है

आज भाजपा के चार और कांग्रेस के तीन प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे वहीं भाजपा से गठबंधन कर च्रके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा के नेता हनुमान बेनीवाल भी नागौर संसदीय सीट से अपना पर्चा भरेंगे

प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिये भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों का चुनाव प्रचार अभियान रोजाना गति पकड रहा है इसके तहत कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने विभिन्न जिलों का दौरा किया और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे नागौर जिले के डेगाना में आयोजित जनसभा में श्री गहलोत ने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में कोई चुनावी वादा पूरा नहीं किया है

बाद में श्री गहलोत ने नीम का थाना में जनसभा में कहा कि सरकार आने वाले दिनों में नये जिलों के गठन के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर सर्वे की कार्यवाही शुरू करेगी वहीं बीकानेर में भाजपा के प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में भाजपा के पक्ष में लहर देखी जा रही है और पार्टी फिर से सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में चार मई को विजय संकल्प सभा को सम्बोधित करेंगे

भाजपा प्रदेश संयोजक प्रवास कार्यक्रम समन्वयक ओंकार सिंह लखावत ने बताया कि श्री शाह इस दिन शाम को साढे छह बजे जोधपुर में भाजपा प्रत्याशी गजेन्द्र सिंह शेखावत के समर्थन में आयोजित रोड़ शो करेंगे

राज्य में मतदान दिवस पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चार तरह के वोटर फेसिलिटेशन पोस्टर प्रदर्शित किये जायेंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद क्मार ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिये हैं श्री कुमार ने बताया कि प्रत्येक मतदाता मतदान केन्द्र पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के बारे में अपडेट रहे इसके लिए निर्वाचन आयोग ने ये खास व्यवस्था की है प्रदेशभर में मौसम का बिगडा मिजाज कल भी कायम रहा अधिकतर इलाकों में कल सुबह से ही अंधड ओले और बारिश का दौर जारी रहा

वहीं कई स्थानों पर भारी नुकसान भी पहुंचा है आपदा प्रबंधन सचिव आश्तोष एटी पेडणेकर ने सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट सौंप दी है

भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल हुई तेज बारिश के बाद यहां भी किसानों की फसले खराब हो गई है

धन की कमी से जूझ रही निजी विमानन कंपनी जेट एयरवेज ने अस्थायी तौर पर कल से अपनी सभी उड़ाने स्थगित कर दी हैं एक बयान में कंपनी ने कहा है कि ऋण देने वाले किसी भी बैंक या किसी अन्य स्रोत से धन नहीं मिल रहा है